जैक ने विधार्थियों की सुविधा के लिए मैट्रिक और इंटर का सिलेबस चालीस प्रतिशत कम किया यूजीसी ने देशभर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए राजधानी रांची में रहने वाली नाजिया नसीम ने केबीसी में जीते एक करोड़ रूपये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

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी कल देर शाम गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया एकीकृत बिहार के समय में हुए चारा घोटाले के जांच के लिए सरकार ने उन्नीस फरवरी उन्नीस सौ छियानबे को राज्य में जांच करने की अनुमति दी थी इसे अब वापस ले लिया गया है झारखंड से पहले कई गैर एनडीए शासित राज्यों में भी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई जांच पर रोक लगा रखी है इन राज्यों में राजस्थान छतीसगढ़ पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र आन्ध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं जिन राज्यों ने सीबीआई जांच पर रोक लगाई गई है वहां के हाईकोर्ट की अनुमति के साथ सीबीआई जांच शुरू कर सकती है

कल शाम निवेशकों की विश्वस्तर की वर्चअल गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे उन्होंने कहा कि भारत वह जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता लोकतंत्र स्थिरता निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनीं हैं उन्होंने कहा कि टेक्नॉलोजी और अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं से भारत कृषि पदार्थो का प्रमुख निर्यातक बन जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए लोकतंत्र जनशक्ति और विविधता जैसे फायदे हैं उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने वैश्विक महामारी का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान विश्व को भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र की एक झलक देखने को मिली श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया हमारे देश की असली ताकत से अवगत हो चुकी है झारखंड एकेडमिक कौंसिल जैक के मैट्रिक और इंटर के छात्रों को राहत देने के लिए सिलेबस में चालीस प्रतिशत तक कमी की गई है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आज संशोधित सिलेबस जारी करेगा झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि सिलेबस में कम से कम पैंती और अधिक से अधिक चालीस प्रतिशत कटौती हुई है कक्षा नौंवी से लेकर बारहवीं के पाढ़्यक्रम में कटौती की गई है इसके अलावा इसकी नीचे की कक्षाओं का भी सिलेबस कम किया गया है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल कॉलेज बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के कारण सिलेबस में कटौती की गई है गणित विषय के वैसे सभी चैप्टर हटाये गए हैं जिनको घर पर पढना संभव नहीं है विज्ञान में कठिन चैप्टर हटाए गए हैं परीक्षा से पूर्व विधार्थियों को इस बात की सुचना दी जाएगी कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जैक संशोधित सिलेबस के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा इस मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर ही परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे

एनआईए के डीजी वाई सी मोदी ने कार्यालय का उदघाटन किया एसपी रैंक के अधिकारी के अधीन ये शाखा काम करेगी यहां से झारखंड और बिहार में दर्ज किए गए एनआईए की सभी कांडो की मॉनिटरिंग की जाएगी एनआईए की रांची शाखा अतिरिक्त चौदह मामलों की जांच कर रही है इन मामलों में टेरर फंडिग मानव तस्करी और नक्सलियों से संबधित मामले शामिल हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघ्वर दास के कार्यकाल में राजधानी रांची में सिवरेज और ड्रेनेज सिस्टम शुरू करने के लिए डीपीआर बनाने वाली कंपनी मैनहर्ट की नियुक्ति में घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुरू कर दी है ब्यूरो ने कल प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है इस मामले में तत्कालीन नगर विकास मंत्री रघुवर दास सहित अन्य लोग आरोपी हैं इस मामले में विधायक सरयू राय ने विधानसभा में क्रियान्वयन समिति के सभापति के रूप में ये मामला उठाया था जानकारी हो कि मैनहर्ट को कंसल्टेट नियुक्त करने पर करीब इक्कीस करोड़ रूपये खर्च हुए थे लेकिन कोई काम नही हो पाया जांच कमिटि ने अपॅनी रिपोर्ट में कंसल्टेंट एजेन्सी और उसे नियुक्त करनेवालों पर कार्रवाई की मांग की थी

नये दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में संबंधित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्व तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है इन दिशा निर्देशों को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया है और गृह मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है यूजीसी ने सप्ताह में छह दिवसीय कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर क्लास शुरू करने की सलाह दी है हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे बढ़ाए जा संकते है नये दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केन्द्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए सुरक्षित घोषित करना होगा शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों विद्यार्थियों अभिभावकों और इससे जुड़े सभी लोगों के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा

राज्य में अबतक एक लाख तीन हजार पांच सौ तैंतालीस कोरोना पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं इनमें से संतान्बे हजार नौ सौ चौसठ लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि चार हजार छह सौ पचासी संक्रमितों का इलाज चल रहा है

फिलहाल राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरान्बे दशमलव छह प्रतिशत और मौत की दर घटकर शून्य दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले रांची और पूर्वी सिंहभूम में हैं जबकि सत्रह जिलों में सौ से भी कम कोरोना संक्रमित मरीज हैं आजसु पार्टी के अध्यक्ष और विधायक सुदेश महतो ढाई महीने के बाद फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं सुदेश ने तीन नवम्बर को अपना कोरोना टेस्ट कराया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई फिलहाल वे होम क्वारेन्टाइन हैं विशेषज्ञों की सलाह पर वे एक बार और कोरोना टेस्ट कराएंगे जानकारी हो कि सुदेश महतो इससे पहले अठारह अगस्त को पहली बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे इसके बाद वे चौदह दिनों तक अपने घर पर ही थे

दिल की बिमारी का इलाज करने के लिए उनको बैगलुरू के चक्रवर्ती नारायण हदयालय लाया गया था गुरूवार को ऑपरेशन के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई मुख्य मंत्री हेमन्त सोरेन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाला मामले में चाईबासा कोषागार से अवैध रूप से निकासी मामले में पांच वर्ष की सजा दी गई थी वे रांची के उपायुक्त भी रहे

नाजिया को शो दस और ग्यारह नवम्बर को दिखाया जाएगा अभी टी वी में शो का प्रोमो दिखाया जा रहा है नाजिया ने पन्द्रह सवालों का सही जबाब दिया सोलहवें सवाल में नाजिया को संशय हुआ तो वे क्विट कर गई नाजिया जवाहर विधा मंदिर जेवीएम श्यामली की छात्रा रही हैं इसके बाद संत जेवियर कॉलेज में पढाई करने के बाद आई आई एम सी दिल्ली से पीजी डिप्लोमा किया है इससे पहले गिरीडीह की रहने वाली राहत और जमशेदपुर की अनामिका भी केबीसी में एक एक करोड़ रूपये जीत चुकी हैं आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने मैनहर्ट नियुक्ति घोटाले की जांच शुरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

वहीं दूसरी ओर दैनिक भास्कर का शीर्षक है कोल ब्लॉक पर जारी तनातनी के बीच झारखंड में सीबीआई ब्लॉक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है